राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से कुरुंग कुमे दिवांग वैली नामसाई अपर सुबनसिरी अंजाव वेस्ट सियांग और अपर सियांग जिले में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों को शीघ्र शुरु करने की अपील की उन्होंने नव गठित शी योमी लेपा रादा और पाक्के केसांग जिले में तीन नवोदया विद्यालय स्थापित करने की भी अपील की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पेश करने का राज्यपाल को आश्वासन दिया ईस्ट सियांग जिला वन अधिकारियों ने शनिवार को दायिंग इरिंग मेमोरियल वाईल्ड लाईफ सेंगचूएरी के अंचलघाट रेंज से पांच शिकारियों को धर दबोचा और उनसे शिकार किए गए एक हिरन बंदूक मोबाईल सेट और जिंदा कारतूस बरामद किया शुक्रवार की शाम शिकारियों का अभ्यारण्य में घूसने की जानकारी मिलने के बाद वन अधिकारियों की एक दल ने अभियान को शुरु किया अधिकारियों के दल ने औपचारिकता पूरा करने के बाद शिकारियों के फॉलोअप एक्शन के लिए सिल्ले ओयान पुलिस के हवाले कर दिया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है राजधानी ईटानगर क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने शनिवार को नाहरलगुन में ट्रांस फेडर्रेशन के सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना में नामांकन भराने के लिए आयोजित एक विशेष नामांकन शिविर का शुभारंभ किया इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने सदस्यों से खुद का नाम दर्ज कराने और अन्य लोगों को भी इस स्कीम में नाम दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा इस केंप को राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने अखिल अरुणाचल सार्वजनिक परिवहन महासंघ और भारतीय स्टेट बैंक ने मिलकर आयोजित किया था चांगलांग जिले के तेंगमन गांव में शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत विधायक लाईसम सिमाई ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्यारह महिलाओं को मुफ्त एल पी जी कनेक्शन दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत श्री सिमाई ने गांव बूढ़ाओं को तीन सेट एल ई डी टीवी भी वितरित किए कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने गांव वालों से विभिन्न लाईन विभागों द्वारा प्रदान किए सरकारों सेवाओं का लाभ उठाने को कहा इस कार्यक्रम से जयरामपुर सब डिविजन के पांच गांव के लोग लाभान्वित हुए पूर्वोत्तर छात्र संगठन और आखिल असम छात्र संघ ने शनिवार को नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार सोलह और संसद में जल्द विधेयक को पारित किए जाने के प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ आगामी आठ जनवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम में बंद घोषित किया है बंद सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक लागू रहेगा नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार सोलह लोक सभा में नागरिकता अधिनियम उन्नीस सौ पचपन को संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है इसके तहत दिसंबर इकतीस दो हजार चौदह से पहले बंगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागे हिन्दू सिख जैन पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले चार वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शुरु की गयी विभिन्न योजनाओं को समानता और सामाजिक न्याय के साथ लागू किया गया है ओड़िशा में कल बारिपदा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य विकास सबका विकास देश का विकास और संपूर्ण विकास करना है उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है ताकि सम्पूर्ण विकास हो सके उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है ताकि सामान्य जनता का जीवन आसान बन सके प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य मार्ग पूर्व और उत्तर पूर्व राज्यों में राजमार्ग रेल मार्ग और वायू मार्ग बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है इस परियोजनाओं से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा प्रधानमंत्री ने वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिये विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए इसे ओडिशा की जनता के लिये नववर्ष का उपहार बताया सरकार ने असम समझौते की धारा छह के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि असम के लोगों की सांस्क्रतिक सामाजिक और भाषायी पहचान और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयुक्त संवैधानिक विधायी और प्रशासकीय सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए पूर्व नौकरशाह एमपी बेजबरुआ की अध्यक्षता वाली नौ दसस्यीय समिति में असम के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं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 आज का अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सात दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया